टेक्सस के ह्यूस्टन में आयोजित हाऊडी मोदी कार्यक्रम में उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की

प्रधानमंत्री ने पिछले पांच साल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में भी अवगत करवाया

अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी

हालांकि प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है

प्रधानमंत्री ने लोगों को माई गॉव ओपन फोरम या नमोऐप पर अपने विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया है

हिमाचल डाक सेवाएं निदेशक दिनेश कुमार मिस्त्री ने बताया कि ये प्रतियोगिता इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित की जाएंगी जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे

कानूनी सहायता लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए कल कुल्लू ज़िले की जरी पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सचिन रघु ने की उन्होंने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए पात्र लोगों से मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठाने का आहवान किया उधर कांगड़ा ज़िले के नूरपुर में भी कानूनी साक्षरता शिविर लगाया गया जिसकी अध्यक्षता सीनियर सिविल जज अमित मंडयाल ने की अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के बयान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

सिंगल यूज प्लास्टिक पर मुख्यमंत्री के बयान को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक कटलरी पर प्रतिबंध दैनिक भास्कर लिखता है पॉलीथिन के बाद अब हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक की पांच चीजों पर बैन होगा जुर्माना

पंजाब केसरी के मुताबिक हिमाचल में प्लास्टिक कटलरी पर पूर्ण प्रतिबंध दुकानदारों को तीन महीने में खत्म करना होगा पुराना स्टाक मंडी के सराज में मुख्यमंत्री की घोषणा को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है मंडी को शिव धाम पर्यटक स्थल के रूप में करेंगे विकसित जबकि अजीत समाचार लिखता है मंडी के कांगनीधार में विकसित होगा शिवधाम हिमाचल ने प्री नर्सरी के लिये केन्द्र से मांगा अतिरिक्त बजट शिक्षा मंत्री ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में उठाया मुद्दा पंजाब केसरी की एक खबर है मौसम पर आपका फैसला का शीर्षक है हिमाचल के कई क्षेत्रों में झमाझम बरसे बादल

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है मौसम ने डराया हिमाचल